अब समाचार विस्तार से भाजपा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आगामी तेरह नवंबर को प्रदेशभर में राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करेगी यह फैसला आज रायपुर में हुई भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों से पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने का जिक्र किया था लेकिन अब सरकार बनने के बाद वह इससे मुकर रही है डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार को वादा याद दिलाने के लिए भाजपा ने दो बड़े आंदोलन का फैसला लिया है दस नवंबर को मंडल स्तर पर किसानों के साथ भाजपा कांग्रेस को घोषणा पत्र में किए वादों की याद दिलाएगी और तेरह नवंबर को प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा इस आंदोलन में किसानों के साथ भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तारी देंगे गौरतलब है कि कांग्रेस ने तेरह नवंबर को ही किसानों का धान पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने की अनुमति देने की मांग को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच की घोषणा की है मुख्यमंत्री सुकमा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि सुकमा जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी श्री बघेल आज सुकमा में आयोजित पंच सरपंच और किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि छिंदगढ़ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी तथा तोंगपाल में अगले शिक्षा सत्र से शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ होगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक सौ अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक की लागत के चौसठ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें पुसपाल और एर्राबोर में विद्युत उप केन्द्र का लोकार्पण तथा सुकमा में फूड पार्क और आदर्श महाविद्यालय भवन का शिलान्यास शामिल हैं वहीं मुख्यमंत्री कल आठ नवंबर को बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे एक सौ सैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल से भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एनएएम और ट्रांसफॉरमेशन ऑफ एसप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के संबंध में चर्चा की मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य की दस मंडियों में मूलभूत हार्डवेयर और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं साथ ही गुणवत्ता की जांच के लिए लैब की स्थापना भी की गई है जवान शहीद बीजापुर जिले में बीती रात सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया जिले के पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना पामेड़ थाना क्षेत्र के झारपल्ली की है

श्री मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि धान के अवैध परिवहन करते पकड़ी गई गाड़ियों को धान खरीदी के लिए निर्धारित पूरे समय तक जब्त रखा जाए और इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जोड़ते हुए व्हाट्सअप ग्रूप बनाने के निर्देश भी दिए हैं इस ग्रूप में प्रतिदिन धान के अवैध परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे खाद्य सचिव को दी जाएगी

आज नई दिल्ली में एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं मोर बिजली ऐप प्रदेश के लोगों को अब मोर बिजली मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लिक में बिजली से जुड़ी सभी सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी इस ऐप के माध्यम से बिजली बिल बिल का भुगतान बिजली बंद की शिकायत खपत का पैटर्न और बिजली बिल की छूट जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिल सकेगी इसके लिए उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर में जाकर मोर बिजली लिखकर सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं हाथी उत्पात महासमुंद जिले में जंगली हाथियों के आतंक से कई गांव प्रभावित हैं इस संबंध में हाथी भगाओ फसल बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में अंठावन गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने ग्राम ग्डरूडीह में ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की बैठक में अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर वन विभाग के डीएफओ सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे उधर ग्राम लहंगर में हाथियों के प्रवेश की सूचना पर गजराज वाहन लेकर पहुंचे वन गश्ती दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया इसकी शिकायत तुमगांव थाने में की गई है युवा उत्सव प्रदेश के युवाओं को भारतीय और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा विकासखण्ड जिला और राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है युवा महोत्सव का आयोजन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित है जांजगीर चांपा में युवा महोत्सव और ट्राईबल डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

वाद विवाद निबंध और तत्कालिक भाषण के अलावा गेड़ी नृत्य तथा राउत नाचा जैसी विधाएं भी प्रतियोगिता में शामिल थीं

रेलवे सीसीटीवी कैमरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने सत्रह स्टेशनों में चार सौ इक्कीस सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं इसकी मदद से प्लेटफॉर्मो और स्टेशन परिसरों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी जिन सत्रह स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें बिलासपुर मंडल के पांच महत्वपूर्ण स्टेशनों में एक सौ अट्ठारह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनमें रायगढ़ में नौ चांपा में आठ बिलासपुर में पचयासी शहडोल में आठ और कोरबा स्टेशन में आठ कैमरे लगाए गए हैं इसी तरह रायपुर मंडल के रायपुर स्टेशन में पचहत्तर दुर्ग स्टेशन में छब्बीस और डीआरएम कार्यालय परिसर में सात कैमरे लगाए गए हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य सरकार धान से एथेनॉल जैव ईंधन के उत्पादन के लिए स्थापित होने वाले संयंत्र को विशेष प्रोत्साहन देगी राज्य में अर्लीबर्ड स्कीम के तहत ऐसी प्रथम छह इकाईयों को दो करोड़ रूपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवउठनी एकादशी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी तुलसी विवाह देवप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और कोरबा पुलिस ने हाथी दांत की तस्करी करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है